उन्होंने कहा कि राम मन्दिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी इसके साथ ही अयोध्या में मन्दिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया भूमि पूजन के बाद मंच से संबोधन में श्री मोदी ने राम मन्दिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया उन्होंने देश विदेश के रामभक्तों को इस अवसर पर बवाई दी प्रधानमंत्री ने कहा राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने कहा कि सियावर रामचन्द्र की जय की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्रीराम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है करोड़ों लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनका सपना साकार हो रहा है प्रधानमंत्री ने देश के घर घर और शहर शहर से लाई गई पवित्र मिट्टी और नदियों के जल के प्रयास को न भूतो न भविष्यति जैसा अभूतपूर्व क्षण बताया श्री मोदी ने कहा कि सत्य पर अटल रहने के गुण के कारण ही श्रीराम सम्पूर्ण हैं उन्होंने कहा कि श्रीराम ने जिस तरह केवट से प्रेम और हनुमान तथा वनवासी बन्धुओं से सहयोग लिया उसी तरह का सहयोग भारत के जन जन से राम मन्दिर के निर्माण के लिए लिया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मन्दिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया आज का ये दिन उसी तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था तर्पण भी था संघर्ष भी था संकल्प भी था त्याग बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है श्री मोदी ने भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा की उन्होंने कहा कि हनुमानजी के आर्शवाद से ही कलयुग में श्रीराम के काज सम्पन्न होंगे कोविड महामारी के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम मर्यादा के साथ सम्पन्न हआ श्री मोदी ने कहा कि भारत ने समय समय पर इस तरह की मर्यादा दिखाई है उन्होंने कहा कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी देश की जनता ने ऐसी ही मर्यादा दिखाई थी श्री मोदी ने कहा कि भव्य राम मन्दिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हर क्षेत्र में अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे प्रधानमंत्री ने राम मन्दिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बताया उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासक पल दिग दिगन्त और युगों युगों तक भारत की पताका फहराता रहेगा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राम मन्दिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी को स्मारिका के रूप में लकड़ी के बने कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की इस अवसर पर अनेक संत आब्यात्मिक नेता और राम मन्दिर आन्दोलन से जुडे अन्य नेता उपस्थित थे विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अव्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार से पवन सिंघल और महेश भागचंदका भी समारोह में उपस्थित थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अव्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल भी समारोह में शामिल हुए

उन्होंने कहा कि वर्षो का स्वस्न आज साकार हो रहा है अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए हजारों संतों और महापुरूषों ने लंबे समय तक संघर्ष और साधना की है उन्होंने कहा कि सभी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शो की रक्षा करते हुए संक्षिान सम्मत तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है श्री योगी ने कहा कि यह मंदिर न केवल श्रीराम की यश और कीर्ति का प्रतीक बनेगा बल्क विश्व में भारत की यश और कीर्ति का भी प्रतीक बनेगा

एक दिन में क्ल इक्यावन हजार सात सौ छ मरीज स्वस्थ हुए जो भारत में कोविड नाइन्टीन के आरंभ से अब तक एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सड़सठ दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर दो दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रह गई है

पहाड़ी इलाकों में हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने कल लखनऊ में बताया कि रापी नदी गोरखपुर के बर्डघाट तथा श्रावस्ती के रापी बैराज सरयू घाघरा नदी बलिया के तुर्तीपार बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में लाल निशान से ऊपर बह रही हैं गंगा बदायूं के कछला पुल रोहिन महराजगंज के त्रिमुहानी घाट कुआनो संत कबीरनगर के मुखलिसपुर और शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में खतरे के निशान से ऊपर वह रही हैं उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को हरसंभव मदद उपलब्ध करा रही है